मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी दिलाया जायेगा शपथ

और प्रदेश के पन्द्रह से अधिक जिलों में पेयजल संकट गहराया

नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित भव्य समारोह में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को शाम सात बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस अवसर पर कई बड़े नेता उपस्थित रहेंगे कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष संवैधानिक पदाधिकारी और राजनयिक भी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे भारत ने पड़ोसी देशों को वरीयता देने की सरकार की नीति के मद्देनजर बिम्स्टेक देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है बांगलादेश श्रीलंका किर्गिज गणराज्य और म्यांमा के राष्ट्रपति तथा मॉरिशस नेपाल और भूटान के प्रधानमंत्री तथा थाइलैंड के विशेष द्रत इस समारोह में उपस्थित रहेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे इधर शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व आज मनोनीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सदैव अटल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों के नाम का फैसला मूख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों की कल नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने यह जानकारी दी बैठक में नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों के साथ साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए इससे पहले जदयू अध्यक्ष ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की पहली बार नरेन्द्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा जदयू एनडीए का तीसरा सबसे बड़ा घटक दल है और इसने बिहार में लोकसभा की सोलह सीटें जीती हैं इधर लोक जनशक्ति पार्टी ने भी स्पष्ट किया है कि पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान इस बार भी पार्टी प्रतिनिधि के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे बहचर्चित चारा घोटाले के एक मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने दो महिलाओं समेत सोलह दोषियों में से ग्यारह को तीन तीन साल और पांच को चार चार साल कारावास की सजा सुनाई है इन दोषियों पर अधिकतम सात लाख रुपये और न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है विशेष न्यायाधीश एस एन मिश्रा की अदालत ने चाईबासा कोषागार से सैंतीस करोड़ सत्तर लाख रुपये की अवैध निकासी के प्रक मामले में यह फैसला सुनाया है सीबीआई की विशेष अदालत इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत छियालीस आरोपियों को वर्ष दो हजार तेरह में सजा सुना चुकी है इस मामले से जुड़े अठारह आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने न्यायालय में बाद में आरोप पत्र दायर किया था इसलिए इन आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई अन्य आरोपियों से अलग बाद में शुरू हुई थी समस्तीपुर रेल मंडल के छोटे स्टेशनों पर तत्काल टिकट घोटाले की रेलवे ने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिये हैं डीआरएम अशोक महेश्वरी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लहेरियासराय के माल बाबू सतो पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है उन्होंने बताया कि जांच टीम को एक सप्ताह के अंदर पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है प्रदेश में पन्द्रह से अधिक जिलों में पेयजल संकट गहरा गया है सबसे अधिक प्रभावित दरभंगा और जहानाबाद जिले हैं इसके अलावा समस्तीपुर कटिहार पूर्णिया बेगूसराय खगड़िया जमुई मुजफ्फरपुर भागलपुर भोजपुर शेखपुरा सारण गोपालगंज और मुंगेर के लोगों को भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है मुख्य सचिव दीपक कुमार ने जल संकट से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है उन्होंने संकटग्रस्त जिलों में वाटर टैंक उपलब्ध कराने और खराब पड़े चापाकलों को तत्काल चालू कराने के निर्देश दिये हैं साथ ही भूजल स्तर को ऊपर लाने के लिए प्रभावित जिलों में जल बचाओ नीति पर काम शुरू किया गया है प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कई जगहों में देर रात तेज हवा के साथ बारिश हई है कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी खबर है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सुपौल सहरसा मधेपुरा अररिया पूर्णिया और कटिहार के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है जिस कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है इधर मौसम विभाग ने पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकतर हिस्सों में दो जून से आंधी और बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है विभाग ने कहा है कि एक जून तक लू का प्रभाव बना रहेगा उसके बाद तापमान में गिरावट आयेगी अभी अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह को बाबा साहेब भीमराव अंबेदकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फपुर के कुलपति पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने उन्हें इसके लिए तात्कालिक प्रभाव से प्राधिकृत किया है श्री टंडन ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के कुलपति प्रोफेसर अमरेन्द्र नारायण यादव के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने प्रदेश भर के उन्नीस नये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में चार हजार पांच सौ साठ सीटों पर नामांकन की मंजूरी दे दी है

दानापुर स्टेशन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पटना दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलखंड के चलने वाली दस जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है वहीं नौ जून से इस रेलखंड की छियासठ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है सारण जिले में नयागांव थाना क्षेत्र के गोपालपुर महदलीचक गांव के पास एक ऑटोरिक्शा के पलटने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि छह अन्य घायल हो गये वहीं जिले में भेल्दी थाना क्षेत्र के खरीदाहा गांव में एक चार पहिया वाहन और मोटरसाईकिल की टक्कर में यूवक की मौत हो गई आज के सभी समाचार पत्रों ने नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है टीम मोदी दूसरी पारी का आगाज आज दैनिक जागरण ने लिखा है पांच दर्जन मंत्री भी लेंगे शपथ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर सस्पेंस बरकरार केन्द्रीय कैबिनेट में जदयू से बनेंगे दो मंत्री लोजपा से एक प्रभात खबर की सुर्खी है अमित शाह से मिले सीएम भूपेन्द्र पहुंचे नीतीश के घर शपथ से पहले बिहार से नामों पर मंथन दैनिक भास्कर लिखता है क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में आज से राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है चारा घोटाले के सोलह आरोपियों को सजा आज लिखता है बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति को छुट्टी

मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी दिलाया जायेगा शपथ

और प्रदेश के पन्द्रह से अधिक जिलों में पेयजल संकट गहराया